आज एक ट्वीट के जरिये उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि दुनियाभर के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस को लेकर भीड भरे स्थानों पर नहीं जाने की सलाह दी है इसी के मद्देनजर उन्होंने यह फैसला किया है इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की केन्द्र सरकार ने इटली ईरान दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों को दिये गये सभी नियमित वीजा और ई वीजा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिये हैं संशोधित यात्रा परामर्श में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अतिआवश्यक कारणों से भारत की यात्रा करने के लिए ऐसे व्यक्ति अपने नजदीकी भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से नया वीजा ले सकते हैं

प्रदेश में भी कल इटली से घूमने आये एक दम्पत्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है

विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मैलपास ने कहा कि इसका उद्देश्य जरूरतमंद देशों को शीघ्र असरदार तरीके से मदद उपलब्ध कराना है

इस संबंध में नियमों में अपेक्षित संशोधन किया जाएगा उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए अवैध खनन में शामिल वाहनों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है

इस अवसर पर पीआईबी जयपुर के निदेशक प्रेम भारती ने बताया कि पत्रकारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और इन योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाना इस सम्मेलन का उद्देश्य है सम्मेलन में जालोर जिले के कस्बों और ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार भाग ले रहे है

इधर वन विभाग द्वारा इस बार होली पर हर्बल गुलाल की बिकी शुरू की गई है उदयपुर के उप वन संरक्षक अजय चित्तौडा ने बताया कि ये गुलाल स्वयं सहायता समृहों और वन सुरक्षा तथा प्रबंध समितियों के माध्यम से बनाई जा रही है इसके प्राकृतिक गुणों के कारण हर साल बढती मांग को देखते हुए इस बार पांच क्विंटल बिकी का लक्ष्य रखा गया है

परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग और नकल रोकने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जायेंगी

राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश हुई हैं धौलपुर जिले में तेज बारिश का दौर जारी है सवाईमाधोपुर में सुबह बादल छाये रहे जिला मुख्यालय सहित आस पास के इलाकों में हल्की बौछारे गिरी बूंदी जिले के तालेडॉ उपखण्ड में कल देर शाम र्तेज बारिश के बाद कुछ जगहों पर ओले मी गिरे वहीं मौसम विभाग ने कल और परसो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है